सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी

इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं

अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें दागी करार दिया वहीं कमलनाथ ने सागर में श्री चौहान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मंच पर आ जाएं और किसी भी मामले में बहस कर लें

इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है लेकिन स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगायेंगे

उधर शहडोल जिले में पांच नये मामले सामने आये हैं

इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन सामान्य तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर के मंदिरों में विभिन्न आयोजन होंगे भोपाल में इस अवसर पर बड़े तालाब में राधा कृष्ण और शिव पार्वती की प्रतिमाओं को पारंपरिक नौका विहार कराया जाएगा ईद आज ईद मिलाद उन नबी है यह दिन हजरत मुहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर की मस्जिदों में आकर्षक सजावट की गई है वहीं मुस्लिम धर्मगुरूओं ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने की अपील की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद मिलाद उन नबी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्री चौहान ने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद साहब ने समाज को भाईचारे सहनशीलता सहिष्णुता का संदेश दिया हैं जबलपुर और होशंगाबाद में भी कोरोना संकमण के कारण पारंपरिक जुलुस नहीं निकाला जा रहा है होशंगाबाद के शहर काजी हाफिज मोहम्मद अशफाक अली ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं पेट्रोल एथेनॉल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दी है

प्रवेश पत्र गुरूवार को जारी कर दिये गये हैं